मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए बनायी गयी योजना को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नयी दिल्ली से मुक्त कराकर वापस झारखण्ड लायी गयी अवयस्क बच्चियों को राज्य सरकार हर महीने दो हजार रुपये गुजारा भत्ता देगी मुख्यमंत्री आज रांची में अपने आवास पर इन बच्चियों से मुलाकात के बाद बातचीत कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इनमें से जो बच्चियां अभी अठारह वर्ष से कम उम्र की हैं उन्हें गुजारा भत्ता दिया जायेगा इसके अलावा जो अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं उन्हें राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करायेगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें आगे की शिक्षा देने में राज्य सरकार मदद करेगी इन सभी को दिल्ली से हवाई जहाज से रांची लाया गया है इस अवसर पर राजमहल के सांसद विजय हांसदा विधायक मथुरा महतो और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के सदस्यों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री को सदस्यों ने सरना धर्मकोड की मांग सर्वमान्य तथा राजकीय संकल्प पत्रांक चौर दो चार दो से आदिवासी शब्द को हटाने तथा विधानसभा में सिर्फ सरना धर्म कोड रखे जाने से सम्बंधित स्मार पत्र सौंपा

बिहार में आज तीसरे और अंतिम चरण की अटहत्तर सीटों पर मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया शाम पांच बजे तक मिली सूचना के अनुसार लगभग पचपन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया दस नवंबर को मर्तों की गिनती होगी

उन्होंने लोगों से अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए डर छोड़कर कोरोना जांच कराने का आग्रह किया

इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग की डॉ गीता कंपानी भाग लेंगी

उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने विश्व और तकनीक को काफी बदल दिया है और कोरोना के बाद भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन और नये स्टार्टअप में इतनी अधिक संभावना पहली बार पैदा हई है

श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों ने पिछले कुछ वर्षों में बीस से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पाईपलाइन अवसंरचना के अंतर्गत सरकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पांच वर्ष पूर्व भारत ने बहादुरी के साथ देश की रक्षा करने वाले महान सैनिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वन रैंक वन पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के उपायुक्त को चान्हो इलाके की बारह वर्षीय एक आदिवासी बच्ची सरिता उरांव को उचित दवा एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है इधर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के आदेश के बाद साहेबगंज जिले के गोपालडीह बरहेट निवासी पार्वती देवी को उपायुक्त द्वारा विधवा पेंशन पारिवारिक पेंशन और अम्बेडकर आवास स्वीकृत कर दिया गया है दुमका जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड बाजार में दुकान पर बैठी एक महिला की आज गोली मारकर हत्या कर दी गयी पुलिस के अनुसार गोली मारने का आरोपी महिला का रिश्तेदार है

कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज एक मोटरसाईकल पर लदी लगभग पचास लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त की है

पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में आज तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी

इधर गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित टोटो नवाडीह के पास आज एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट जाने चालक समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए हटिया स्टेशन से चलकर मोतिहारी जाने वाली हटिया बापूधाम स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो गयी है यह ट्रेन कल दिन में दो बजे हटिया स्टेशन से रवाना होगी इसके अलावा नौ नवम्बर को हटिया से सहरसा जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गयी है